लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में प्रमुख नदियों गंगा कोसी गंडक बागमती सोन समेत प्रमुख नदियों के किनारे बने घाटों विभिन्न तालाबों जलाशयों और अस्थायी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भागवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया व्रतियों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर बने अस्थायी जलाशयों में भी अर्घ्य दिया छठ को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना हुआ है हर तरफ छठ गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है इधर जिला प्रशासन विभिन्न छठ प्रजा समितियां और स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े लोग भी व्रतियों की सुविधा और उनके स्वागत में जुटे रहे सभी घाटों पर लॉउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को आवश्यक सूचनाएं दी गयी इसके साथ ही घाटों पर बच्चों महिलाओं और बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए भी लगातार अपील की गयी प्रशासन की ओर से पटाखे नहीं छोड़ने और किसी तरह की आपाधापी नहीं मचाने की हिदायत दी गयी कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महा व्रत पूर्ण होगा इसके बाद व्रती पारण कर प्रसाद ग्रहण करेंगे विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न घाटों पर एकत्र हुये हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया है कि जिले में श्रद्वालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया

इधर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर दुल्हिन बाजार के उलार्क शेखप्रा के तेउस सूर्य मंदिर बक्सर जिले के राम रेखा घाट गया में दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औगांरी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में बड़ी संख्या में छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश और देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं तथा बधाई दी है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुये भागवान भास्कर से प्रदेश की उन्नती की कामना की है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी राज्यवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के समय पटना में गंगा के विभिन्न घाटों का भ्रमण किया और श्रद्धालुओं को अभिवादन किया राज्यपाल और मुख्यमंत्री दानापुर के नासरीगंज में स्टीमर पर सवार हुये और पटना सिटी के गाय घाट तक गये इस दौरान केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और जदयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर समेत वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे महापर्व छठ को लेकर राज्यभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं विभिन्न घाटों पर पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की गयी है प्रशासन द्वारा खतरनाक घोषित किये गये घाटों पर श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के लिए पुलिस के जवान तैनात किये गये हैं पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विभिन्न जिलों में छह हजार अतिरिक्त बलों की तैनाती की है केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों की चार कम्पनियों को पटना औरंगाबाद भागलपुर और मुंगेर में तैनात किया गया है विभिन्न नदियों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोटर बोट से गश्त कर रही हैं घाटों पर स्थानीय गोताखोरों की भी व्यवस्था की गयी है वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कल तक गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है आकाशवाणी भागलपुर केन्द्र द्वारा कल सुबह पांच बजे से साढ़े छह बजे तक प्रातःकालीन अर्घ्य का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जायेगा इसे बिहार स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र प्रसारित करेंगे राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान आकाश में आंशिक रूप से बादल छाये रहे हालांकि दिन के तापमान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना गया भागलपुर पूर्णिया समेत राज्य के अधिकतर भागों में सुबह में धूंध रहेंगी और बाद में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे अगरतला में सम्पन्न विजय मर्चेंट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने त्रिपुरा को नौ विकेट से पराजित कर दिया इस जीत के साथ ही बिहार को पूरे छह अंक मिले मुकाबले के तीसरे दिन आज अभिषेक आनंद और आदित्य राज की शानदार गेंदबाजी के सामने त्रिपुरा की दूसरी पारी एक सौ पैंसठ रन पर ही सिमट गयी अभिषेक ने पांच जबकि आदित्य ने चार विकेट लिये बिहार का अगला मुकाबला झारखंड के विरूद्ध छह नवम्बर से पटना में खेला जायेगा जमुई जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक सह प्रभारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी वेद प्रकाश पर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में गड़बड़ी और जालसाजी कर गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है